प्रधानमंत्री के जयपुर आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वयं अमरूदों का बाग में होने वाली समास्थल का जायजा लिया उन्होंने सभी जरूरी सुविधाएं जुटाने और मंच बनाने यातायात प्रबंधन सुरक्षा व्यवस्था समेत अनेक तैयारियों की समीक्षा की सभास्थल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी खुद प्रधानमंत्री को बताएंगे कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से क्या लाभ हुआ है

श्री मोदी की जयपुर यात्रा को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला कलेक्टरों ने आवश्यक तैयारियां कर ली है पाली में जिला कलेक्टर ने सात और आठ जुलाई को जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सावधानी बरतने के लिये मुख्यालय नहीं छोडने के आदेश दिये है जयपूर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा के मद्देनजर विधानसभा के आस पास कल से निषेघाग्या लागू हो गयी है

समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक ओ पी यादव नेऊंटों से जुडे देशी ज्ञान को सहेजने आदि विभिन्न पहलुओं पर बात रखते हुए कहा ऊॅटनी में विद्यमान एक दूधारू पशु के गुण को स्थापित कर एक बेहतर विकल्प हो सकता है

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस महोत्सव का श्भारंभ किया इस मौके पर श्री राजपुरोहित ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का अभिन्न अंग हैं और हमारे जीवन के लिए अनिवार्य भी हैं

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि सरपंच पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पेश कर चुनाव जीतने का आरोप जांच में सही पाया गया है

इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दो की तलाश जारी है इस मामले में नागौर पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी को लाईन हाजिर व संतरी को निलंबित कर दिय है

मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है डूंगरपुर जिले के बिछींवाडा के थाने के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग आठ पर मोटरसाईकिल पर सवार एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके परही मृत्यु हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया भीलवाडा कोटा राजमार्ग पर आज सुबह रूपाहेली के पास ट्रक और वेन की टक्कर में वेन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया वहीं झालावाड जिले के डग क्षेत्र के पास दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई बांसवाडा जिले के कलिंजरा थाने के पास ईटावा गांव में बिजली का तार छू जाने से एक दस साल के स्कूली छात्र की मौके पर ही मौत हो गई वहीं बांसवाडा जिले के ही सदर थाने के पास गड़ा गांव में एक युवक के सांप के काट जाने से मृत्यु हो गई

यह व्यक्ति जबरन एयरफोर्स में घूसने का प्रयास कर रहा था सूत्रों के अनुसार यह मानसिक रूप से बीमार बताया गया है